अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे

एक प्रखर वक्ता होने के अलावा वे एक लेखक कवि निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी स्वर्गीय अटल को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्वांजलि दी

शिमला स्थित भाजपा कार्यालय में भी एक समारोह में स्वर्गीय अटल को श्रद्धांजलि दी गई जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उन्होंने विपक्ष को बेवजह के मुद्दे उठाने की बजाय जनहित के मुद्दे उठाने की भी सलाह दी मुख्यमंत्री आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे

उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही को चलाने में सहयोग की भी अपील की मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष पिछले विधानसभा सत्रों में गैर ज़रूरी मुददे उठाता रहा है जिसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में हार के रूप में उठाना पड़ा उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो सत्र की अवधि और बढ़ाई जाएगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि वे कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और जल्द ही कई बड़ी परियोजनाएं इस क्षेत्र को मिलने वाली है वीरेन्द्र कंवर आज थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे

इन सड़कों पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा राकेश जमवाल संदरनगर के विधायक राकेश जमवाल ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है राकेश जमवाल ने आज सुंदरनगर के जवाहर पार्क में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पंचायतों में तेजी से विकास कार्य कर रही है ताकि लोगों को शीघ्र योजनाओं का लाभ मिल सके जमवाल ने इससे पहले सुंदरनगर में ही पंचायत समिति विश्राम गृह का शिलान्यास किया

डीसी किन्नौर किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा है कि पिछले दिनों ज़िले में ग्लेशियर पिघलने से कई स्थानों पर आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है उपायुक्त ने आज रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाढ़ के कारण कानम को जोड़ने वाली सड़क ट्रूट गई थी जिसे अब बहाल कर दिया गया है इसी तरह अधिकांश स्थानों पर पेयजल आपूर्ति भी सामान्य हो गई है उपायुक्त ने कहा कि तांगलिंग नाले पर बने पूल को फिर से यातायात के लिए बहाल करने का काम जोरों पर है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सकिय है और अधिकांश स्थानों पर व्यापक से भारी वर्षा हो रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है

राजधानी शिमला में भी आज सांय भारी वर्षा हुई जिससे कुछ देर के लिए शहर में जनजीवन ठहर सा गया

विभाग ने आज राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

इसे देखते हुए मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों को बहुत ज़रूरी काम न होने पर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो दो खेल मैदान बनाए जाएंगे